बजट में पूंजीगत खर्चा चौरानबे हजार दो सौ इक्तालिस करोड़ नब्बे लाख तथा राजस्व खर्च चौरानबे हजार दो सौ इक्तालिस करोड़ नब्बे लाख रूपये का है

समाज के कमजोर वर्गो तथा महिलाओं के कल्याण के लिये आठ हजार दो सौ निरानवे करोड़ नब्बे लाख रूपये रखे गये है जो कल्याण और विकास योजनाओं के इक्तालिस हजार तीन सौ छियासी करोड़ अड़तीस लाख रूपये के खर्च का बीस दशमलव जीरों चार प्रतिशत है

उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं में लगभग पांच लाख पचपन हजार टन पराली का वार्षिक खपत होगी

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की सिंचाई जरूरतों मों पूरा करेन के लिये सौर वार पंपिंग प्रणाली प्रदान करने की योजना भी बना रही है

हरियाणा सरकार ने केन्द्र सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में साईस सिटी स्थापित करने की योजना बनाई है आज विधासभा में बजट अनुमान पेश करेत हये वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यू ने कहा कि इसके अलावा राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के वित्तीय व तकनीकी सहयोग से अम्बाला में एक उप क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र भी स्थापित किया जायेगा

उन्होंने कहा कि प्रात्त्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा हिसार के राखी गढ़ी में एक स्थल संग्रहालय व विवेचन केन्द्र स्थापित किया जा रहा है और पंचकृता में राज्य प्रातात्विक संग्रहालय भी स्थापित होने जा रहा है

वित्तमंत्री हरियाणा विधानसभा में बजट अनुमान पेश करते हये बताया कि इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में दुध की मिलावट का पता लगाने के लिये प्रत्येक राजकीय पश् चिकित्सा अस्पताल में त्वारित दग्ध परीक्षण सुविधा विकसित की जायेगी राज्य में पश्पालकों द्वारा फोन पर सचल पश् और चिकित्सा सेवायें प्रदान करने के लिये जींद यमुनानगर और मेवात जिलों में पायलट आधार पर पशु संजीवनी सेवा शुरू की जायेगी जिसका बाद में समुचे राज्य में विस्तार किया जायेगा वित्तमंत्री ने कहा कि पशुपालन एवं डेयरी के लिये बजट मे एक हजार छब्बीस करोड़ अडसठ लाख रूपये का प्रावधान किया गया है

वित्तमंत्री ने कहा कि बागवानी विभाग दवारा गठित किये गये छियानवे किसान उत्पादक संगठनों को पैक हाउस का अपेक्षित बुनियादी ढांच उपलब्ध कराया जायेगा और कृषि व्यवसाय संचालन मे परीक्षण दिया जायेगा ताकि किसान अपन उपज सीधे रिटेल चेन और उपभोक्ताओ को बेच सकें

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज वित्त्मंत्री दवारा प्रस्तृत बजट को विकासोमुखी बताते हये कहा कि हरियाणा के विकास दर में लगातार वृदवि हो रही है और प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति आय मे लगातार वृदवि हो रही है

उधर इनैलो प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने कहा है कि हरियाणा पर एक लाख करोड़ रूपये का कर्ज बढ़ा है और सिर्फ किश्त चुकाने के लिये ही कर्ज लिया जा रहा है उन्होंने प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के सरकार के दावे को ढकोसला करार दिया है उधर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने कहा है कि सरकार की किसान वर्ग की आर्थिक समृदवि को लेकर गंभीरता बजट में स्पष्ट दिख रही है कांग्रेस ने भी बजट की आलोचना की है और बजट को दिशाहीन बताया है